स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों को एक बार फिर निर्देशित दिये वे अपनी सेवाएं सुचारू करते हुए सभी मरीजों का इलाज करें

श्रमिकों की इतनी बडी संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने रेल मंत्रालय से विशेष ट्रेन संचालित करने का अनुरोध किया है इसके अलावा जिला कलक्टरों और अन्य अधिकारियों को उनके सुरक्षित आवागमन और क्वारेंटीन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिर्य गये हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल देर शाम श्रमिकों के सुरक्षित आवागमन को लेकर सभी तैयारियों की समीक्षा की श्री गहलोत ने कहा कि श्रमिकों की संख्या उनके गंतव्य स्थान तथा विशेष ट्रेनों के संचालन की अनुमति मिलने की सम्मावना को ध्यान में रखते हुए जिला कलक्टर रेलवे के अधिकारियों के साथ रूट प्लान तैयार करें ताकि श्रमिक और प्रवासी बिना किसी परेशानी के अपने घर पहुंच सकें साथ ही सभी स्थानों पर उनकी स्क्रीनिंग और क्वारेंटीन की पुख्ता व्यवस्था हो श्री गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को मी सुचारू करना बेहद जरूरी है क्योंकि सभी गतिविधियां लंबे समय बंद रहीं तो आर्थिक संकट पैदा हो सकता है श्री गहलोत ने कहा कि अधिकारी लॉकडाउन के दौरान पास जारी करने की व्यवस्था को सुगम बनाएं

मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार से हुई वार्ता में राजस्थान के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाने के बारे में सकारात्मक संकेत मिले हैं

गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा है कि स्थानीय अधिकारियों को देशभर में राज्यों की सीमाएं पार करने के लिए अलग प्रवेश पत्र नहीं मांगना चाहिए उन्होंने पहले जारी किये गये आदेशों का उल्लेख करते हुए दोहराया कि ट्रक के आवागमन के लिए अलग प्रवेश पत्र की आवश्यकता नहीं है

स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के निजी अस्पतालों को एक बार फिर निर्देशित किया है कि वे अपने ओपीडी आईपीडी आपातकालीन सेवाएं सुचारू करते हुए आने वाले मरीजों का इलाज करें विमाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने अपने आदेश में कहा कि निजी अस्पताल मरीजों को अनावश्यक रूप से सरकारी अस्पतालों में रैफर न करें आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में सूचीबद्ध अस्पतालों को निर्देश दिये गये हैं कि योजना के लाभार्थियों से नियम विरूद्ध किसी प्रकार की अनावश्यक तथा अनियमित राशि वसूल न करें इन आदेश का पालन नहीं करने पर अस्पतालों के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी

कल कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति संबंधी समिति की बैठक में ये मंजूरी दी गई इसके अलावा तीन महिला किसानों की परियोजनाओं के लिए ढाई करोड रूपये से अधिक का अनुदान मंजूर किया गया राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ उच्च शिक्षा पर चर्चा की

श्री मिश्र ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में विद्यार्थियों को किसी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जायेगा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कल कई परीक्षाओं के ऑनलाइन आवेदन जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी

आज अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने श्रमिकों को शमकानाए देते हुए कहा है कि कोरोना महामारी दौर में कोन्द्र और राज्य सरकार श्रमिकों को साथ है श्रम राज्यमंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से श्रमिक कल्याण में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी